प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जारी करेंगे

प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को छह छह हजार रुपये दो दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज फिल्म प्रभाग फिल्मोंत्सव निदेशालय नेशनल फिल्म् आर्काइव्ज ऑफ इंडिया और भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित करने को अपनी मंजूरी दे दी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को इसकी जानकारी दी इन विभागों के विलय के साथ ही उनकी परिसम्पसत्तियों और कर्मचारियों को भी समाहित करने के बारे में व्येवस्थाल की जा रही है सभी मीडिया इकाईयों के कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा श्री जावर्डेकर ने कहा कि मंसत्रिमंडल ने भारत में डीटीएच सेवाओं को उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि डीटीएच लाइसेंस बीस वर्षो के लिए जारी किए जायेंगे और लाइसेंस शुल्क तिमाही आधार पर लिया जाएगा

ब्रिटेन की सरकार ने अपने देश में इस संक्रमण के मामले सामने आने के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को जानकारी दी है रोग नियंत्रण के यूरोपीय केंद्र का अनुमान है कि यह नया वायरस अधिक तेजी से फैलता है और युवाओं को प्रभावित करता है

सबसे महत्वपूर्ण उत्परिवर्तनों में से एक स्पाइक प्रोटीन में है स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन से वायरस अधिक संक्रामक हो सकता है और लोगों के बीच अधिक आसानी से फैल सकता है

उनमें यह संक्रमण पाए जाने पर स्पाइक जीन आधारित आरटी पीसीआर जांच की सिफारिश की गई है जिन यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि होगी उन्हें संबंधित राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकरण के समन्वय से अलग आइसोलेशन केंद्र में अलग रखा जाएगा

कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में आज रांची में पार्टी विधायक दल की बैठक हई इस बैठक में कांग्रेस के तीन विधायकों को छोड़ कर सभी विधायक मौजूद थे

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि जन जीवन सामान्य हो इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है श्री सोरेन आज रांची के डोरंडा स्थित संत जेवियर स्कूल में मिशन वन मिलियन स्माइल्स द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी तथा ठंड के इस मौसम में गरीब जरूरतमंद और निराश्रितों को मदद करना हम सभी का कर्तव्य है ऐसे वर्ग के लोगों के लिए ठंड का मौसम काफी पीड़ादायक होता है इन्हें सामाजिक सहयोग एवं सुरक्षा देना सबकी जिम्मेवारी है

इन स्वास्थ्य कर्मियों को टैब प्रदान करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने कहा कि टैब में दूसरे कार्यक्रमों के एप्लिकेशक भी इंटीग्रेट कर दिए जाएं तो इससे हेल्थ वर्कस को रिपोटिंग में काफी सुविधा होगी उन्होंने कहा कि हेल्थकेयर वर्कर्स को टैब में रिपोर्टिंग करने के अलावा फिल्ड में भी उतना ही समय देना होगा ताकि उनका काम प्रभावित न हो धनबाद के पुलिस उपाधीक्षक यातायात राजेश कुमार के नेतृत्व में गोविंदपुर ट्रंडी रोड में बरियो के पास ओवरस्पीड बिना हेलमेट और लापरवाही से वाहन चलाने के विरुद्ध अभियान चलाया गया

सभी के विरुद्ध एमवी एक्ट के अनुसार कार्रवाई की गई साथ ही तेज गति से चल रहे भारी वाहन और लापरवाही से लोहे के सरिये लदे मालवाहक तीन पहिये और चार पहिये वाहन को जब्त कर एमवी एक्ट के अनुसार कार्रवाई की गई खूंटी जिले के तोरपा क्षेत्र के उकड़ीमाड़ी बाजारटांड़ के निकट कुएं में गिरे हाथी के बच्चे को आज सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया वन विभाग की टीम के मौके पर पहंचने पर ही हाथी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल कर जंगल में छोड़ दिया गया लेकिन जंगल जाने के क्रम में हाथी के बच्चे ने गिडम गांव में एक बालक को घायल कर दिया घायल बालक को बेहोशी की हालत में तोरपा स्थित रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ सफाई अभियान और किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प को लेकर गोड्डा कृषि विभाग के अधिकारियों ने जिले के सुदूर आदिम जनजाति बहुल्य ग्वारीजोर प्रखंड के सिमरा गांव में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यकम आयोजित किया

देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ मंदिर प्रांगण में कोविड नियमों के अनुपालन को लेकर आज मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया गया इस दौरान उपायुक्त ने श्रद्धालुओं के साथ मंदिर प्रांगण में उपस्थित प्रोहित समाज के लोगों से अपील करते हए कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण का खेतरा बना हुआ है ऐसे में मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने से पहले हाथों की सफाई और मास्क का उपयोग अवश्यक करें उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है यदि लोग ऐसा नहीं कर सके तो फिर न केवल वे कोरोना की चपेट में आ सकते है बल्कि अन्य दूसरे लोग भी आपके संपर्क में आने से कोरोना प्रभावित हो सकते हैं देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में आज एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है

इनके पास से बड़ी संख्या में मोबाइल सिम एटीएम कार्ड व पासब्क सहित एक लाख से अधिक नकदी भी बरामद की है

इधर गिरिडीह जिले से भी पुलिस ने छह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है

पाकुड़ जिले के बंद पड़े पचुवाडा सेंट्रल कोल ब्लॉक के मशीन यार्ड से हो रही लोहा चोरी मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ अमड़ापाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है गढ़वा अंबिकापुर राजमार्ग पर रंका थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने दो सगी बहनों को अपनी चपेट में ले लिया हादसे में छोटी बहन की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि बड़ी बहन घायल हो गयी रामगढ़ जिले में बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लुप्तप्राय जनजाति बिरहोर के बीच में आज कंबल का वितरण किया गया